मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से प्रदश में वापस लाये गये लगभग साढ़े ग्यारह हजार छात्रों के साथ आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की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

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मार्च में ही एलर्ट घोषित करके होली मिलन तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को रोक दिया गया था

मुख्यमंत्री ने छात्रो से आरोग्य सेतु ऐप डॉउनलोड करने दो गज की दूरी मास्क अथवा फेस कवर का पालन करने तथा थ्रकने की आदत बंद करने की अपील करते हुए कहा कि यह संदेश पूरे समाज तक पहुंचना चाहिये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

प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को यथा शीघ्र प्रारम्भ कराने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं

उद्योग इकाइयों के कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग के साथ ही रेन्डम आधार पर कुछ कर्मचारियों का आरटी पीसीआर टेस्ट कराने को भी कहा गया है

चार सौ लोग स्वस्थ्य होकर घर भेज जा चुके हैं इकतीस लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है प्रदेश के पन्द्रह जिलों में अब तक संक्रमण का कोई मामला नहीं मिला है

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री पाल ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क भेजकर इनका इस्तेमाल सुनिश्चित कराने को कहा है बाइट लॉकडाउन है प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी बार बार अपील कर रहे है और सभी स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग कि घरों से बाहर न निकले लॉकडाउन में अगर निकला आवश्यक है तो मास्क जीवन का हिस्सा बनना चाहिये आपने देखा होगा मन की बात में भी और मुख्यमंत्रियों से भी बात करते हुए यह आदेश दिया भारत के हर नागरिक को अब अपने जीवन का मास्क एक हिस्सा बनाना चाहिये इससे साफ है भविश्य में भी लॉकडाउन खत्म हो जाये तो भी कोरोना जैसी इंफेक्शन से लोग सुरक्षित रहे

ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने दो गज दूरी के लिये कहा है वह लोग अमल ला सके

संभल में रोटरी क्लब और व्यापार मंडल के सदस्यों ने जिलाधिकारी के सहयोग से पीपीई किट और मास्क वितरण का काम शुरू किया है

अन्य राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों के लिए ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी सरकार ने कहा है कि प्रयागराज में रह रहे दस हजार छात्रों को चरणबद्व रूप से उनके घर भिजवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है

इस तरीके से पूरे प्रदेश में इन केंद्रों की कुल क्षमता दस से पंद्रह लाख तक हो जाएगी इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाएगा अब तक लॉकडाउन के चलते हरियाणा में फंसे प्रदेश के बारह हजार से अधिक मजदूरों को वापस लाया जा चुका है इस बीच राज्य सरकार ने प्रयागराज जनपद में लॉकडाउन के चलते फंसे दस हजार से अधिक छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को वापस उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तीन सौ बसों का एक बेड़ा जिसमें पुलिस के कर्मचारी भी तैनात रहेंगे इन छात्रों को कई चरणों में उनके गृह जनपदों तक पहुंचाएगा सरकार प्रयागराज में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों की मदद करने के लिए भी तैयार है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

श्री निशंक देशभर के अभिभावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्री ने अभिभावकों को परामर्श दिया कि बच्चों को दिनभर पढ़ने के लिए मजबूर न करें और अपनी इच्छा से पढ़ने दें उन्होंने बताया कि जो परीक्षाएं हो चुको हैं सी बीएसई उनका मूल्यांकन जल्द ही आरंभ करेगी

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति आर सी कुहाड के नेतृत्व में सात सदस्यीय दल के पहले पैनल ने नये शैक्षिक सत्र की शुरूआत सितम्बर में किये जाने की सिफारिश की थी पैनल ने यह भी प्रस्ताव किया था कि जिन परीक्षाओं में देरो हुई है उन्हें जुलाई में आयोजित किया जाना चाहिए

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेन्द्र सैनी परिचर्चा में भाग लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्ची स मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं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 घर पर रहें सुरक्षित रहें उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को गैर कोविड उपचार क्षेत्रों म कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों को व्यक्तिगत स्रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इनके उपयोग के दिशा निर्देशों में आवश्यक सुझाव शामिल करने का निर्देश दिया है न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यावहार्यता पर विचार करने को कहा है ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वगों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके केन्द्र सरकार की यह योजना इस वर्ष जून में शुरू होनी थी न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना एस के कौल और बी आर गवई की पीठ ने सोमवार को जारी आदेश में कहा था कि केन्द्र सरकार विचार करे कि वर्तमान स्थिति में यह योजना लागू करना व्यावहारिक है या नहीं